इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली रिथित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की इस दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा विजय दिवस मख्यमंत्री वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये गौरव और अपने महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का दिन है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजैक्ट देश का चौथा और प्रदेश का पहला संस्थान होगा

बैंक शाखा इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक थुनाग की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके खुलने से क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग जरूरतें पूरी हो पाएगी रक्तदान शिविर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर हिन्दू जागरण मंच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया उन्होंने मंच के प्रयासों की सराहना करते हुए समाजसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी संगठनों व संस्थाओं से आग्रह किया कि इस तरह के रक्तदान शिविरों का समय समय पर आयोजन करते रहें ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके पवन नैयर चंबा सदर से भाजपा विधायक पवन नैयर ने हाल ही में पास किए गए कृषि बिलों को किसानों के हित में बताया है

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग देश के किसानों को कृषि बिल के सम्बन्ध में गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे है नैयर ने कहा कि इन बिलों के आने से किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने उत्पाद बेच सकते है जिससे बिचौलियों और दलालों को तकलीफ होना स्वभाविक है

उन्होंने कहा कि करोड़ों रूपए के इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि कर्ज लेने की यही गति रही तो प्रदेश पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा